मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष प्रभावशाली और चुनौतीपूर्ण रहा है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस अवधि में केन्द्र सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों के समाधान को प्राथमिकता दी है

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के बीच सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों सहित विदेशों से भी लोगों को सफलतापूर्यक उनके घर पहुंचाने का कार्य किया है

मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल को भी उपलब्धिपूर्ण बताया और कहा कि राज्य में विकास की गति बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के सभी चरणों का पालन करने में जनता ने सहयोग किया है और उम्मीद है कि देश जल्द ही कोरोना संकट के इस दौर से बाहर निकल आएगा रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कोरोना आपदा से राहत के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों को जनता तक पहुंचाने का आग्रह किया है

बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल पार्टी के संगठन मंत्री पवन राणा महासचिव त्रिलोक जमवाल कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह और वीरेंद्र कंवर सहित अन्य नेता विशेष रूप से शामिल हुए पर्यावरण दिवस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में होने वाली जनसभाओं में एक लीटर से कम क्षमता वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शिमला में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य ने विकास व पर्यावरण के बीच संतुलन बनाते हुए सतत विकास की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि पॉलिथिन बैग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है उन्होंने कहा कि सरकार ने पतियों से बने डोने और प्लेट के उपयोग को बढ़ावा दिया है और ये जरूरी है कि हम पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखें

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि शहरीकरण और औद्योगिकीकरण विकास के लिए जरूरी है लेकिन पर्यावरण की कीमत पर इन्हें विकसित नहीं किया जा सकता राज्यपाल ने पर्यावरण की सुरक्षा को प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बताया सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला के टउ चोहला के समीप पौधरोपण किया और कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दे रही है कुल्लू में नेहरू युवा केंद्र ने पर्यावरण संरक्षण पर प्रतिभागियों के लिए ऑनलाईन सलोग्न और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पार्टी ने कई कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता बढ़चढ़ कर भाग ले रहे हैं शिमला में पत्रकार वार्ता में उन्होंने राज्य सरकार पर कोरोना से निपटने के लिए उचित कदम न उठाने का आरोप भी लगाया उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना काल में लोगों द्वारा दिए गए अंशदान का कोई हिसाब नहीं दे रही है किन्नौर पर्यटन किन्नौर होटल संघ ने कोरोना महामारी के दौरान हालात सामान्य न होने तक ज़िले में कारोबार शुरू न करने की घोषणा की है संघ के प्रवक्ता शांता नेगी ने रिकांगपिओ में बताया कि महामारी के चलते ज़िले के अधिकांश गांवों में प्रवेश पूरी तरह बंद है जिसके चलते पर्यटन व्यवसाय चलाना असंभव है

मौसम शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दोपहर बाद से जोरदार वर्षा के साथ ओलावृष्टि हुई है

ओलावृष्टि से जहां कई स्थानों पर फसलों को नुकसान पंहुचा है वहीं तापमान में भी गिरावट आई है

विभाग ने आगामी दो तीन दिनों के दौरान मौसम के इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है